उन्होंने उन माता पिताओं की सराहना की जिन्होंने गरीबी को अपने बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने दिया राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को अपना पैशन दिखाने का मौका मिलता है वहीं वे दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं इसलिए हमने श्खेलो इंडिया यूथ गेम्सश की तर्क पर ही हर वर्ष श्खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्सश् भी अयोजित करने का निर्णय लिया है

श्री मोदी ने शारीरिक गतिविधि और खेलकूद को शिक्षा के साथ समायोजित करने का स्कूलों से आग्रह किया नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिये पांच दिवसीय गंगा यात्रा आज प्रदेश में बिजनौर और बलिया जनपदों से शुरू हो गई

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे पहले गंगा बहुत ही मैली थी अब नमामि गंगे मिशन के अंतगत गंगा कानपुर औद्योगिक शहर में भी स्वच्छ हो गई है

बलिया में यात्रा को रवाना करते हुए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र नदी के किनारे बसे हुए हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की नदियों को साफ करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि पांच दिनों तक नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत चलने वाली यह यात्रा बिजनौर और बलिया में मंत्रोच्चार और गंगा आरती के बाद शुरू हुई

यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई है जिसका उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ावा देना और नदी के किनारे रहने वालों का अधिक विकास करना और उन्हें खुशहाल बनाना है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

हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दोपहर बारह बजे से रात दस बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा

प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आगामी तेरह फरवरी से आयोजित किया गया है

इस सत्र के लम्बा चलने की सम्भावना है राज्य में सिंचाई और जल संसाधन विभाग में पहली बार प्रदेश के अधीन उन्तालीस बांधों की पुर्नस्थापना और मरम्मत कार्य के लिये एक हजार दो सो अड़तालीस करोड़ साठ लाख रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है यह कार्य जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूमेन्ट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है यह परियोजना दो चरणों में लागू की जायेगी जिसकी अवधि दस वर्ष होगी केन्द्र ने आज असम के प्रतिबंधित उग्रवादी गुट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीएफबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्रो सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए

इस समझौते के अन्तर्गत असम में रह रहे बोडो जनजातियों को राजनीतिक अधिकार और समुदाय के लिए आर्थिक पैकेज दिये जाने का प्रावधान है समझौते के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आज भारत सरकार असम सरकार और आबसू एनडीएफसी तेतबी प्रोग्रेसिव एनडीएफबी रंजन डेमारी एनडीएफबीएस इसके बीच में एक एग्रीमेंट जिस पर सबने हस्ताक्षर किए हैं जिसमें हमारे संगमा का भी सिग्नेचर है यह एग्रीमेंट असम और बोडो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है

यह प्रदर्शनी अमरोहा में जीआईसी मिनी स्टेडियम में आयोजित की जा रही है प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों और लोगों में नई विज्ञान और तकनीकी जानकारी को बढ़ावा देना है इस मेले में तकनीकी के बारे में जागरूकता के लिये विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है यहां लोक कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को उपलब्ध करायी जा रही है ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा में ताजमहल का दीदार किया राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ डायना बेंच पर फोटो खिंचवाई तथा वहां मौजूद पर्यटन गाइड से ताजमहल के इतिहास और पच्चीकारी क बारे में जानकारी हासिल की और सफेद संगमरमरी इमारत की प्रशंसा की इसके बाद राष्ट्रपति आगरा एयरपोर्ट से रवाना हो गये चालू वित्त वर्ष में अब तक तीन हजार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का डिजिटल लेन देन के माध्यम से भुगतान हुआ है

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की हैं पिछले तीन वर्षो में डिजिटल भूगतान लेनदेन में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है

डिजिटल लेन देन से पारदर्शिता बढ़ी है भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है और गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक सेवा में सुधार हुआ है